हरिद्वार में स्वीडन के किंग और क्वीन की उपस्थिति में सीवेज शोधन संयंत्र का हुआ लोकार्पण

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों को अनुपूरक बजट की जानकारी दी

इसके साथ ही गन्ना मूल्य निर्धारण परामर्श समिति की रिपोर्ट के आधार पर जल्दी समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा विधानसभा में आज श्री कौशिक ने यह जानकारी दी विपक्ष का कहना था कि राज्य सरकार ने अभी तक भी गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है जबकि पेराई सत्र से पहले सरकार को गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित कर देना चाहिए गन्ना किसानों के बकाए को लेकर भी विपक्ष ने सदन के भीतर सरकार को घेरने की कोशिश की सदन में आयुष छात्रों की फीस बढ़ोतरी का मामला भी गूंजा प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने आयुष छात्रों की फीस वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद निजी आयुष कॉलेजों ने फीस मे कटौती नहीं की है

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बंदर से हो रहे फसलों के नुकसान के सवाल पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जवाब दिया कि सरकार दो बंदर बाड़े बनाने जा रही है

यह संयंत्र हाईब्रिड एम्यूनिटि वित्तीय मॉडल पर आधारित है इस अवसर पर किंग कार्ल गुस्ताफ ने कहा की गंगा भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है इसके जल को साफ और निर्मल बनाने के लिए केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नमामि गंगे के अंतर्गत प्रदेश में काफी तेजी से काम चल रहा है इस अवसर पर स्वीडन के राजा ने एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया इस मौके पर नमामि गंगे कार्यो को लेकर वहां एक डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन किया गया

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नागरिकता बिल के प्रस्तावित संशोधन का स्वागत किया है उन्होंने इसे राष्ट्रीय महत्व का फैसला बताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा होने के कारण उत्तराखंड के लिए भी एनआरसी अहम है मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ के लिहाज से उत्तराखंड हमेशा से ही संवेदनशील रहा है उत्तराखंड में यह पहले ही से ही विचाराधीन रहा है घुसपैठ को एक बड़ी समस्या बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एनआरसी के लागू होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा

बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सदस्यों के पद खाली रहने की वजह से कई ग्राम पंचायतों का गठन भी नहीं हो पाया अब राज्य निर्वाचन आयोग ने शासन से सहमति मिलने पर रिक्त पदों पर उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया

ग्राम पंचायत सदस्यों का कोरम पूरा न होने के कारण आधे से अधिक ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाया सहयोग पोर्टल राज्य सरकार और कॉरपोरेट के बीच गैप को कम करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पोर्टल सहयोग का शुभारम्भ किया गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सहयोग पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार और उद्योग जगत से जुड़े लोगों के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी पूरी पारदर्शिता के साथ उद्योग जगत को उपलब्ध होगी साथ ही सीएसआर के अंतर्गत पोर्टल के माध्यम से उद्योगों को राज्य के विकास में अपनी इच्छा के अनुरूप कार्यक्षेत्र चुनने का भी अवसर होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में सीएस आर फंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस सीएसआर फंड के सही उपयोग करने के लिए इंडस्ट्रीज को सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी होना आवश्यक है ग्राम पंचायत सर्वे बागेश्वर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत की समस्या और वहां की जरूरतों का अब सर्वे कर ऑनलाइन किया जाएगा इसके बाद ग्राम पंचायतों में विकास कार्य किया जाएगा लोक योजना अभियान के तहत सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम में मिशन अंत्योदय और जीपीडीपी निर्माण का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया

इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मनरेगा कर्मी और एक स्वयं सहायता समूह की महिला की टीम बनाई गई है जिसका नोडल ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत राज अधिकारी को बनाया गया है विश्व मृदा दिवस अल्मोड़ा जिले के विकास खण्डों के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व मृदा दिवस पर किसान मेला आयोजित कर किसानों के खेतों की कृषि योग्य भूमि की मिट्टी का परीक्षण किया गया इस दौरान किसानों को सॉयल हेत्थ कार्ड भी वितरित किये गए किसान मेले में काश्तकारों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई मुख्य कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि जनपद में इस वर्ष अभी तक डेढ़ लाख किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं मौसम बागेश्वर बागेश्वर जिले के नगरीय क्षेत्र में इन दिनों सुबह के समय कोहरा छाने लगा है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पाले से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है शाम को चल रही सर्द हवाएं भी ठंड में इजाफा कर रही हैं जिला मुख्यालय सहित कौसानी कपकोट गरुड़ में सुबह से कोहरा छा रहा है इससे सुबह की सैर पर जाने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है रात के वक्त आसमान साफ होने से पाला गिर रहा है जिससे फसल खराब हो रही है मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों कोहरे की स्थिति बरकरार रहेगी रबी फसल बीमा चमोली जिले में पुनर्गठित मौसम आधारित रबी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सभी किसानों की रबी फसलों का बीमा कराया जाएगा मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे ने कृषि उद्यान सहकारिता न्याय पंचायत प्रभारी और सीएससी संचालकों की बैठक में ये निर्देश दिये